राजभवन शिमला में होने वाले एक सादे व गरिमापूर्ण समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों से कहा है कि यदि वे पुस्तकों को अपना भित्र बनाते हैं तो उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता

प्रतियोगिता का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्रति आम लोगों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना है प्रतियोगिता में डॉ यशवन्त सिंह परमार विश्वविद्यालय नौणी के अमन महाजन व तरूण वर्मा ने प्रथम स्थान जबकि चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुश भारद्वाज व नवजोत ठाकूर ने द्वितीय स्थान पह रहें प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति धर्मचन्द चौधरी ने कल सुन्दरनगर में अतिरिक्त ज़िला व सत्र कोर्ट का शुभारम्भ किया इस कोर्ट के स्थापित हो जाने से अब सुन्दरनगर उपमण्डल के दूरदराज क्षेत्र के लोगों को घरद्वार पर ही न्याय की सुविधा भिलेगी उन्होंने कहा कि यह कोर्ट क्षेत्र के बार एसोसिएशन के सहयोग से लोगों को त्वरित बेहतर व सुलभ न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध होगा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव व मुख्यमंत्री कार्यालय के गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय कुंडू ने कहा है कि राज्य में आधारभूत अधोसंरचना कार्यो की जांच स्वतंत्र गुणवत्ता जांच दस्ता सभी सम्बद्ध विभागों बोर्डो निगमों और अन्य विभागों को अपनी परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये जांच दस्ता प्रदेश के पांच राष्ट्रीय उच्च मार्गों के साथ साथ शिमला के दाड़नी का बगीचा में बने नेचर पार्क स्थल तथा दस्तावेजों की भी जांच करेगा जांच दस्ते द्वारा शिमला से मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग की जांच तक की जाएगी

संजय कूंडू ने कहा कि इस जांच दस्ते द्वारा सभी स्थानों में कार्यो की गुणवत्ता की जांच की जाएगी और किसी प्रकार की कोताही अथवा कमी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी शारदीय नवरात्रों के आठवें दिन आज माँ दूर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है धार्मिक मान्यता के अनुसार मां का ये स्वरुप बेहद ममतामयी है यह भक्तों का कल्याण करने वाला और उनके दख रोग और कष्टों का निवारण करने वाला है इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों व माता के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्वालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे अनीभिया मुक्त हिमाचल अभियान के अंतर्गत कल जिला आयुर्वेदिक अस्पताल सोलन के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई

शिविर में आध्रनिक उपकरणों व तकनीक के प्रयोग से रक्त की जांच की जाएगी और अनीमिया के लक्षण वाले व्यक्तियों को निःशुल्क दवाए भी वितरित की जाएंगी अखबारों की सुर्खियों से आज अधिकांश समाचार पत्रों ने इन्वेस्टर मीट से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

सरकारी खर्च पर ही हैलीकॉप्टर व चार्टड प्लेन से चंडीगढ़ और गगल एयरपोर्ट पहुंचेंगे मेहमान आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर के हवाले से लिखता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों को नो एंट्री दैनिक जागरण का शीर्षेक है निवेशकों को एसजीएसटी में सात साल तक मिलेगी छूट अमर उजाला के शब्द हैं डीलरों को एसजीएसटी में छूट देगी सरकार सस्ते होंगे कार और बाईक दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल में सिर्फ पर्यावरण मित्र उद्योंगों को ही जगह पंजाब केसरी की एक खबर है वाहनों के दाम में आ सकती है गिरावट

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं जीएसटी के दायरे में आएंगे होम स्टे होटलों पर भी निगरानी बढ़ेगी नहीं आ रहा पूरा टैक्स

दैनिक सवेरा टाईम्स ने मुख्य सचिव के हवाले से खबर को सुर्खी दी है घटिया एनएच निर्माण में नपेंगे ठेकेदार अफसर

अमर उजाला की एक खबर है